इस बीमारी से कल एक हजार दो सौ उनसठ लोग ठीक हुए है

राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्री अपने प्रभार वाले तथा अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं पाली में जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की उधर हनुमानगढ़ में जिला प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया वहीं सवाईमाधोपुर में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि ये पर्यवेक्षक आचार्य स्तर की फैकल्टी होगें जयपुर और उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े निजी मेडिकल कॉलेजों में ज्वाईनिंग तक की प्रक्रिया की देखरेख के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है च्रू के नौरंगसर गांव के स्वतंत्रता सैनानी हरिराम ढाका का निधन हो गया है

वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा

आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है

हालांकि आज अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है